नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि इस योजना के तहत ओवर ड्राफट की सुविधा पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार रूपये कर दी गई है इस सुविधा को पाने के लिए आयु सीमा में भी संशोधन किया गया है इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम के स्थायी परिसरों की स्थापना और परिचालन को भी मंजूरी दे दी है इसमें प्रदेश के सिरमौर जिले में बनने वाला आईआईएम संस्थान भी शामिल है आघार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यू आई डी ए आई ने विद्यालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश और अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए प्राधिकरण ने कहा है कि यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह अपने छात्रों का आधार पंजीकरण कराये प्राधिकरण ने कहा है कि विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनने तक उनकी पहचान वैकल्पिक माध्यमों से कर उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएं

तरूण कपूर कल नाहन में परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुकंप चंबा जिले में बीती रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए

उन्होंने कहा कि भूकंप के कारण कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने युग हत्याकाण्ड और प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है मासूम यूग के तीनों हत्यारों को सजा ए मौत

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है तीनों हत्यारों को फांसी चार साल के मासूम को चार साल बाद मिला इंसाफ दैनिक जागरण लिखता है युग को इंसाफ तीन हत्यारों को होगी फांसी

दैनिक सवेरा टाइम्स अजीत समाचार और आपका फैसला का लगभग एक जैसा शीर्षक है युग हत्याकांड के तीनों दोषियों को फांसी

जबकि दिव्य हिमाचल लिखता है वन समृद्धि जन समृद्धि योजना को हरी झंडी

दैनिक जागरण के अनुसार एम्स को जमीन युवाओं को रोजगार

अजीत समाचार के मुताबिक श्री आनंदपुर साहिब श्री नैना देवी रज्जू मार्ग को कैबिनेट की मंजूरी

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हर व्यक्ति बने पोषण अभियान का हिस्सा

दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय ठगी के सबक में ऊना जिले में ठगी के एक बड़े मामले को उजागर करते हुए लिखा है कि जागरूकता की कमी से प्रदेश में ठगी के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं वहीं हिमाचल दस्तक ने भी अपने संपादकीय में ऊना में एक कंपनी द्वारा हजारों लोगों को ठगने की घटना पर टिप्पणी की है